मंत्रिमंडल किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएस पी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पैंसठ रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है इसके अलावा ज्वार के मूल्य में एक सौ बीस रुपये और रागी के मूल्य में दो सौ तिरपन रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है कृषि मंत्री ने बताया कि अरहर के समर्थन मूल्य में एक सौ पच्चीस रुपये मूंग के मूल्य में पचहत्तर रुपये और उड़द के मूल्य में सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है वाम उग्रवाद समीक्षा केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने देश में वाम उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की है उन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्य सचियों और पुलिस महानिदेशकों के साथ नई दिल्ली में बैठक की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में इस बात पर गौर किया गया कि पिछले पांच वर्ष में वाम उग्रवाद के प्रसार और हिंसा में लगातार कमी आई है पिछले वर्ष वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों की समीक्षा से सुरक्षा संबंधी व्यय वाले जिलों की संख्या एक सौ छब्बीस से घटकर बयासी हो गई है शिक्षा विधेयक संसद ने आज केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक संवर्ग में आरक्षण विधेयक पारित कर दिया राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी विधेयक में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक वर्ग में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों अनुसचित जनजातियों शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ऊपरी सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग सात हजार रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ करेगा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है

अपने टवीटर हैंडल पर त्याग पत्र पोस्ट कर श्री गांधी ने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात थी पार्टी के मूल्य और आदर्श राष्ट्र के लिए जीवन रेखा का काम किया है अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार है उन्होंने कहा है कि भविष्य में कांग्रेस की मजबूती के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए वे पार्टी अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहे हैं राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब मोतीलाल वोरा कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष के पद पर नयी नियुक्ति होने तक श्री वोरा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कामकाज देखेंगे श्री वोरा अभी छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं पंजीकृत श्रमिक क्यूआर राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों के नाम पर क्यूआर चिपय्क्त पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी इस पहचान पत्र में श्रम विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी सहित संबंधित श्रमिक के बारे में भी जानकारी उपलब्ध रहेगी यह जानकारी श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने दी है

मंत्री ने वाली वायु और ध्वनि प्रद्षण की जांच करने के भी निर्देश दिए एनटीपीसी विज्ञापन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का जो विज्ञापन आईटीआई और अन्य रिक्तियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर निकाला गया था उसमें संशोधन कर उनहत्तर पद अब केवल भू विस्थापितों के लिए निकाले जाएंगे इसके साथ ही दस और पद डिप्लोमाधारक के लिए निकाले जाएंगे कुल मिलाकर उनयासी पदों को भू विस्थापितों की पात्रता और योग्यता के अनुसार भरा जाएगा यह जानकारी एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक नीरज कुमार सिन्हा ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान दी मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि रायगढ़ जिले के पुसौर आईटीआई के लिए एनटीपीसी द्वारा नवीनीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है

दो लाख रूपये के इनामी माओवादी कमांडर सदाराम नेताम उर्फ सुरज को जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने पखांजूर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया इसके खिलाफ चौबीस वारंट जारी है यह माओवादी संगठन में सप्लाई कमांडर के रूप में बीते करीब तेरह वर्षो से कार्य कर रहा था इस बीच सुकमा जिले में दो इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है माओवादी मड़कम देवा और मुचाकी गंगा ने पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा की उपस्थिति में आत्मसमर्पण किया इन माओवादियों पर कई घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है दोनों माओवादी संगठन में करीब तेरह वर्ष पहले बाल संघम सदस्य के रूप में शामिल हुए थे इन माओवादियों ने बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है भाजपा सदस्यता अभियान भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए राज्य के सभी संभागों में आज से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूजा विधानी मोर्चा की प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी नियुक्त की गई हैं मीनल चौबे और शालिनी राजपूत अभियान की सह प्रभारी होंगी वहीं भाजपा राज्य सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक बजाज ने बताया है कि छह जुलाई से ग्यारह अगस्त तक चलने वाले सदस्यता अभियान के दौरान सहकारी समितियों में अधिक से अधिक सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा रथयात्रा कल ओडिशा के जगन्नाथपुरी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा हर्षोल्लास और उत्साह से निकाली जाएगी राजधानी रायपुर में रथयात्रा गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलेगी इस यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलग अलग रथ बनाए गए हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में बने एक निम्न दाब के प्रभाव से आगामी दो दिनों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है ट्रेन प्रभावित इस बीच मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है इसके कारण मुंबई से हावड़ा के बीच छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को आज रवाना नहीं किया गया है आज हावड़ा मुंबई मेल और हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा से रवाना नहीं की जाएगी वहीं कल चार जुलाई को भी हावड़ा से छूटने वाली हावड़ा पुणे द्रंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी वहीं ईस्ट कोस्ट रेलवे के लखना नवापारा रोड खरियार रोड सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से भी कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा आज और कल चार जुलाई को दुर्ग विशाखापट्नम रायपुर जूनागढ़ पैसेंजर और टिटलागढ़ रायपुर पैंसेजर रद्द रहेगी वहीं कल और पांच जुलाई को पैसेंजर जूनागढ़ रायपुर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी पुणे दुर्घटना वहीं भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे में दीवार गिरने से छत्तीसगढ़ के जिन चार श्रमिकों की मौत हो गई थी उनके शव लेकर जिला प्रशासन की टीम आज बेमेतरा पहुंची

मृतकों में दो लोग बेमेतरा जिले के और दो लोग बलौदाबाजार जिले के रहने वाले हैं मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है हॉकी प्रतियोगिता नौवीं सब जूनियर हॉकी राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब पटियाला की टीम ने जीत लिया है वहीं हिमाचल प्रदेश की टीम उप विजेता बनी है स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की टीम तीसरे स्थान पर रही बिलासपुर के बहतराई में आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर की बाईस टीमों ने हिस्सा लिया था समापन समारोह में खेल मंत्री उमेश पटेल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया